रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड एच ए एल को सरकार द्वारा दिए गए ठेकों के बारे में लोकसभा में दिए अपने वक्तव्य में कांग्रेस की आशंकाओं को खारिज कर दिया है शून्य काल के दौरान आज लोकसभा में श्रीमती सीतारमन ने हथियारों की खरीद के लिए दिए गए ठेकों के ब्यौरे दिए

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षामंत्री पर आरोप लगाया था कि वे एच ए एल से एक लाख करोड़ रूपए के हथियारों की खरीद के आर्डर पर झूठ बोल रही हैं प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों के पदों का सूजन किया गया है उन्होंने बताया कि छह सौ से अधिक पद सिविल जज जूनियर डिवीजन और सौ पद सिविल जज सीनियर डिवीजन के सूजित किये गये हैं इसी तरह से सौ पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और एक सौ दस नई पारिवारिक अदालतों का गठन किया गया है श्री पाठक कल अयोध्या में अधिवक्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में लोक अदालतों का गठन किया गया है जिससे मुकदमों के निस्तारण जल्द हो सके उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं होती इसलिए मुकदमों की संख्या में भारी कमी आ रही है श्री पाठक ने बताया कि राज्य में एक सौ पच्चीस फास्ट ट्रैक कोर्ट और पच्चीस नई फास्ट ट्रैक कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगा को न्याय दिलाने के लिये गठित की गई है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रो मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

श्रीमती मेनका गांधी ने आंगनवाडियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बच्चों तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्त की उन्होंने आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सतर्क रहें और संसाधनों के किसी भी दुरूपयोग की जानकारी उपलब्ध कराएं

एप से मेला अवधि के दौरान चलने वाली सभी रेलगाडियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी इसके अतिरिक्त इससे आरक्षित और अनारक्षित रेल टिकट भी खरीदे जा सकते हैं

श्री प्रसाद ने बताया कि भीम वित्तीय लेन देन का अनूठा माध्यम है जो लोगों में बहुत लोकप्रिय है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अगले चार वर्ष के दौरान चालीस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए दस हजार नौ सौ करोड़ रुपये आवंटित किए हैं कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उन्होंने कहा कि चंद्रयान तीन महीने के भीतर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा यह चंद्रमा के एक ऐसे हिस्से पर उतरेगा जो अब तक अनजान है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

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार क्रिकेट टैस्ट श्रृंखला जीतकर इतिहास रचा है

आज पांचवें दिन का खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका

भारतीय क्रिकेट टीम की एतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीम को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ऐतिहासिक जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है

प्रधानमंत्री ने आगामी विभिन्न मैचों के लिए भी भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हुई वर्षा और ओलावृष्टि के चलते तापमान काफी नीचे आ गया है राज्य में शीतलहर तेज हो गई है लेकिन आज दिन में धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली इस वर्षा को किसानों के लिये फायदेमंद बताया जा रहा है वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हुआ है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट कई जिलों में कल हुई बारिश और ओलवृष्टि के बाद से ही प्ररा प्रदेश सर्द हवाओं की गिरफ्त में है बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई जबकि रात का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया गोंडा में दो लोगों की उस समय आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई जब वे बारिश के दौरान अपने खेतों में काम कर रहे थे तराई और खुले इलाकों में कई जगहों पर ओले गिरने से फसल को भी नुकसान पहुंचा है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टा ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश में कथित रेत खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई के द्रूपयोग का आरोप लगाया है संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि आगामी लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सीबीआई छापों के पीछे भाजपा का हाथ है बहुजन समाज पार्टी नेता सतीश चन्द्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान पर समझौता करने पर आमादा है बसपा प्रमुख मायावती ने एक जारी बयान में भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस्तेमाल करने के लिये षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि श्री यादव से सीबीआई द्वारा पूछताछ करने की धमकी पूरी तरह से राजनैतिक विद्वेष की भावना से प्रेरित है आरोप का खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि सीबीआई छापों को उनके राजनीतिक गठबंधन से जोड़ने के लिए दोनों दलों का समाजवादी पार्टी के शासन के दारान उनके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हताशा भरी कोशिश है